आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम का एलान किया इसके साथ ही आज से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे

इनमें डेढ़ करोड़ नये मतदाता हैं इस बार सभी ब्रथों पर वीवीपैट की व्यवस्था की जाएगी साथ ही ईवीएम में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी

इस सिलसिले में उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श किया चुनाव की तारीखें निर्धारित करने से पहले बच्चों की परीक्षाओं फसली मौसम और त्योहारों का भी ध्यान रखा गया उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी

इससे पहले निवार्चन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरों का उपयोग न करने को कहा है

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का उल्लेख करते हुए पूरी सावधानी बरतें

इस दौरान बताया गया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए शत प्रतिशत मतदान करना जरुरी है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय महाविद्यालय में स्लोगन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई छात्राओं को स्वीप के जरिये ईवीएम वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई कार्यक्रम में कमाऊंनी गीतों के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया गया स्लग सीआईएसएफ पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश के शत्रतापूर्ण रवैए को देखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानि सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सीआईएसएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में यह बात कही

उन्होंने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देश के विकास को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उन्होंने सीआईएसएफ में शामिल होने वाली लड़कियों के अभिभावकों को भी बधाई दी

उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस तथा अग्नि शमन पदक प्रदान किए

प्रदेश में भी सभी जिलों में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में नवजात शिश्ओं को पोलियो प्रतिरक्षण दवा पिलाकर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरूआत की

उत्तरकाशी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया

स्लग एम्स संगोष्ठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में हृदय की बीमारियों की रोकथाम और उपचार में योग व ध्यान का योगदान विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है दो दिवसीय संगोष्ठी में दुनिया के विभिन्न देशों से हृदय रोग ध्यान योग के विशेषज्ञ और आचार्य शामिल हुए हैं इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रवि कांत ने कहा कि ऋषिकेश योग के साथ ही एम्स की स्थापना से एलोपैथी का भी केंद्र बन गया है उन्होंने योग और आध्निक चिकित्सा के एकीकरण पर विशेष जोर दिया स्लग बसंतोत्सव राजभवन में दो दिवसीय बसंतोत्सव का आज समापन हो गया है